आज हरियाणा के गोहाना में एक रैली में उन्होंने कहा कि राज्य में भाई भतीजावाद की जगह मेरिट ने ले ली है प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस के नेताओं ने जो झूठे दावे उन्हीं दावों को पकड़कर उन्हीं के बयानों को पकड़कर आज पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर अपना केस मजबूत बनाने के लिए इनका उपयोग कर रहा है इनके बयानों का उपयोग कर रहा है पाकिस्तान के साथ कौन सी कैमिस्ट्री है ये किसी की कैमिस्ट्री है भाइयों बहनों इस चुनाव में आप सबको इसका जवाब ढूंढना ही पड़ेगा श्री मोदी ने कहा कि सोनीपत का मतलब किसान जवान और पहलवान होता है और भाजपा ने इस अवधारणा को बनाये रखने का प्रयास किया है

श्री योगी आज अलीगढ़ की इगलास विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के दौरान एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीगढ़ के ताला उद्योग पर पिछली सरकारों के दौरान ताला लग गया था लेकिन उनकी सरकार ने इन्हें पुनर्जीवित किया मुख्यमंत्री ने किसानों को उनकी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की भी घोषणा की उधर रामपुर में आज विजय संकल्प जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार बिना किसी नेदभाव के काम रही है पिछली सरकारों की तरह किसी का पद और जाति देखकर शासन व्यवस्था नहीं चलाई जा रही श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में आज कानून का राज है गुंडे और अपराधियों को जेल मेजकर राज्य में अराजकता को समाप्त किया गया है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में दो लाख करोड़ का निवेश आया है जिससे बीस लाख बेरोजगारों को रोजगार मिला है उन्होंने कहा कि जल्द ही उनकी सरकार दो लाख नयी सरकारी नौकरियां सुजित करेगी मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं से आगे आकर विकास की प्रक्रिया में शामिल होने का आहवान किया श्री योगी ने कहा कि तीन साल पहले तक किसानों को धान का मूल्य नौ सौ रूपये प्रति कुन्तल भी नही मिल पाता था लेकिन आज सरकार ए ग्रेड धान का मूल्य एक हजार आठ सौ पचपन रूपये दे रही है प्रदेश में विधानसभा की ग्यारह सीटों पर होने वाले उपचुनाव का प्रचार कल शनिवार की शाम छह बजे समात हो जाएगा मतदान इक्कीस अक्तुबर को होगा और वोटों की गिनती चौबीस अक्तुबर को की जाएगी परिणाम भी उसी दिन घोषित किया जाएगा निर्वाचन आयोग ने मतदान शांतिपूर्ण और सुचारू ढंग से कराने के लिए उपचुनाव वाले इलाकों में केंद्रीय बल की तैनाती की है

राज्य की जलालपुर प्रतापगढ़ रामपुर लखनऊ कैंट गंगोह मानिकपुर बेल्हा इगलास जैदपुर कानपुर की गोविन्दनगर और घोसी सीट पर उपचुनाव होना है उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र और राज्य सरकार को असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एन आर सी के समन्वयक प्रतीक हजेला को स्थानांतरित करके लंबे समय तक मध्यप्रदेश में रखने का निर्देश दिया है ये निर्देश श्री हजेला को मिली धमकियों को देखते हुए दिया गया है मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े और न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की पीठ ने हजेला को प्रतिनियक्ति पर दूसरे राज्य में भेजने का निर्देश दिया है प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए चौदह मेडिकल कालेजों का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है श्री खन्ना अपने दो दिवसीय बरेली दौरे के अंतिम दिन आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि वर्तमान में आठ मेडिकल कालेज बनकर तैयार हो गए हैं और सात अन्य प्रस्तावित हैं श्री खन्ना ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाएगा श्री खन्ना ने बरेली में चिकित्सा अधिकारियों की समीक्षा बैठक की और जिला कोषागार का औचक निरीक्षण भी किया हापुड़ के थाना पिलखुआ में कथित तौर पर पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के मामले में आज डी एस पी रैंक के अफसर समेत सात पुलिसकर्मियों पर एफ आई आर दर्ज की गयी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दो दिन पूर्व प्रदेश के डी जी पी और मुख्य सचिव को इस संबंध में नोटिस जारी किया था डी एस पी संतोष कुमार एस एच ओ पिलखुआ योगेश बलियान सब इंस्पेक्टर अजब सिंह और चार अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गयी है